राज्य में स्वास्थ्य विभाग अब तक करीब ढाई लाख से अधिक जांच कर चुका है

इधर कोरोना संकमण अब श्रीगंगानगर जिले में भी पहुंच गया है

कल श्रीगंगानगर में दिल्ली से आये एक युवक में संकमण की पुष्टि हई वहां संक्रमण और ना फैले इसके लिए प्रशासन ज्यादा मुस्तैद हो गया है इधर प्रदेश में लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद जनजीवन तेजी से सामान्य हो रहा है और कारोबारी कामकाज बढ रहा है एक जून से चलने वाली दो सौ रेलगाडियों की टिकटों की ऑनलाईन बुकिंग आज से शुरू हो गई हैं पूरी तरह आरक्षित इन सभी ट्रेनों में वातानुकूलित और गैर वातानुकूलित श्रेणियां होंगी सामान्य डिब्बों में सीटों के लिए भी आरक्षण करवाना होगा इन विशेष रेलगाडियों में चार श्रेणियों के दिव्यांगजन और ग्यारह श्रेणियों के रोगियों को ही रियायत मिलेगी रेल मंत्रालय ने बताया है कि ये विशेष रेलगाडियां मौजूदा श्रमिक विशेष रेलगाडियों और विशेष वातानुकूलित रेलगाडियों के अलावा होंगी इन रेलगाडियों के लिए टिकट केवल ऑनलाइन आईआरसीटीसी की वेबसाइट के माध्यम से मिलेगी

आरएसी और वेटिंग लिस्ट टिकट जारी किए जाएंगे लेकिन प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को ही रेलवे स्टेशनों में प्रवेश करने की अनुमति होगी राज्य में बाहर से लौट रहे ऐसे प्रवासी मजदूर जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में चयनित नहीं है उन्हें दो महीने के लिए प्रतिव्यक्ति पांच किलोग्राम गेहूं मुफ्त उपलब्ध करवाया जायेगा खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा ने बताया कि लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों से लौटने वाले प्रवासी मजदूरों और विशेष श्रेणी के परिवारों का जल्द सर्वे किया जायेगा ये सर्वे मोबाईल एप और ई मित्र कियोस्क के माध्यम से ही किया जायेगा

इन्हें रोडवेज बसों के द्वारा उनके गृह जिलों में रवाना किया गया

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में टिड्डी के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए मुख्य सचिव को प्रभावी कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए है मुख्यमंत्री ने चिंता जताते हुए कहा कि पिछले वर्ष भी टिड्डी के कारण किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था इस बार टिड्डी के प्रकोप को कम करने के लिए ठोस कदम उठाएं जायेंगे इधर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने टिड़डी प्रभावित जिलों के अधिकारियों से चर्चा कर उन्हें रात में कीटनाशक का छिडकाव कर टिड़िडयों का खात्मा करने के निर्देश दिए है जयपुर ग्रामीण से सांसद राज्यवर्द्वन राठौड ने राज्य सरकार से टिड्डियों की सफाये के लिए तुरंत उपाय करने की मांग की है उन्होंने कहा है कि कोटपूतली पावटा विराटनगर और शाहपुरा क्षेत्रों में भी टिड़डी दलों ने खडी फसलों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है जो चिंताजनक है

शिक्षा राज्यमंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने बताया कि गार्गी और बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत ये राशि बालिकाओं के खाते में स्थानान्तरित की जा रही है शिक्षा मंत्री ने बताया कि इसके लिए फरवरी और मार्च महीने में ऑनलाईन आवेदन भरवाये गये थे

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट कर उन्हें श्रद्वाजलि दी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट में कहा है कि आज के दिन को आंतकवाद निरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है इस दिन हमे सभी तरह के आतंकवाद और हिंसा का विरोध करने का संकल्प लेना चाहिए